जिसमें वाय् सेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान फ्लाई पास्ट करेंगे जबकि सेना के बैंड विभिन्न अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्यकर्मियों का हौसला बढाने के लिए ध्न बजायेंगे वहीं नौसेना के पोतों पर रोशनी की जायेगी चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक लिखित संदेश में कहा कि अभी देश एक दूसरे त तरह के संकट के दौर से ग्जर रहा है जिसमें डाक्टर नर्स प्लिसकर्मीमीडिया सफाई कर्मचारी डीलिवरी पर्सन बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी और द्कानदार अपनी जान खतरे में डालकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि देश सुरक्षित रहे सशस्त्र सेनाएं निस्वार्थ सेवा के लिए इन सबको धन्यवाद देना चाहती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि म्श्किल घडी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रम्ख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रम्खों को श्भकामनाएं दी हैं

इससे कल जबलप्र के नेताजी स्भाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कोर ऑफ सिग्नल्स बैंड के जवानों ने बैंड की सुरीली धूनों के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई की

उधर पन्ना जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है जिले के बनोली में मुंबई से लौटे एक मजदूर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

दतिया ग्ना एवं भिण्ड जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हआ है

उधर इंदौर से भी राहत की खबर है जहां कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रवीण जड़िया ने बताया कि शहर में अब नए कोविड प्रकरण के मामले हॉटस्पॉट ज़ोन से ही आ रहे हैं

यह टेलीफोन नम्बर केवल मध्यप्रदेश के बाहर फँसे श्रमिकों के पंजीयन के लिये है उन्होंने बताया कि श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही उनकी वापसी का प्रोग्राम तैयार किया जायेगा श्रमिक एक्सप्रेस राज्य सरकार विभिन्न राज्यों से एक लाख से अधिक मजदूरों को रेलगाड़ी के माध्यम से वापस लाने की योजना बना रही है इसे लेकर पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस के परिचालन के पूर्व की तैयारियां शुरू कर दी हैं

मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने बोला है शराब दुकान प्रदेश में कल से शराब और भांग दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ख्लेंगी

विदिशा राहत विदिशा जिले में भी नए आदेशों के अन्सार कल से कई तरह की राहत दी जाएंगी

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है